आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ेगी राष्ट्रपति ने कहा कि पहले दिन से ही सरकार कुशासन से लोगों को हुए कष्टों को दूर करके उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्व है सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब प्रत्येक किसान को देने का फैसला किया गया है उन्होंने छोटे दुकानदारों और खुदरा किक्रेताओं के लिए पेंशन योजना की प्रशंसा की राष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण पर जोर देते हए सरकार ने एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया है इसके जरिए जल संरक्षण और प्रबंधन को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकेगा राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का ध्यान अब ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने पर है उन्होंने कहा ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल महिलाओं का विकास न होकर महिलाओं के नेतृत्व में विकास का होना है राष्ट्रपति ने देश में हर बहन बेटी को समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तीन तलाक और निकाह हलाला की प्रथा के उन्मूलन की आवश्यकता पर जोर दिया राष्ट्रपति ने कहा कि समी नवनिर्वाचित सदस्यों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि मतदाताओं ने अपने समी काम छोड़कर और कठिनाइओं को नजर अंदाज करते हुए मतदान में हिस्सा लिया इसलिए मतदाताओं की आकक्षाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के संबोधन की प्रति दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के साथ कल तक के लिए स्थगित कर दी गई राज्यसभा की बैठक श्रू होते ही दो नवनिर्वाचित सदस्यों बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य और कामाख्या प्रसाद तसा ने सदस्यता की शपथ ली समापति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सदन के नेता थावरचंद गहलोत का सदन से परिचय करवाया बाद में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सदन से परिचय कराया इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री वी मुरलीधरन ने दस विभिन्न अध्यादेशों की प्रति सदन के पटल पर रखी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की कल नई दिल्ली में बैठक होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण परिषद की पँतीसवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी इस बैठक में जीएसटी कानून में बदलाव के लिए एक मसौदा संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने की संभावना है जिससे जीएसटी के भुगतान के दौरान हुई गलतियों के बाद भी व्यापार करने की अनुमति होगी और जीएसटी के विलंब से भुगतान की स्थिति में केवल उसके नकद हिस्से पर ही ब्याज लागू होगा कल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह झारखंड के रांची में होगा इसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अट्ठाईस हजार लोगों के साथ प्रभात तारा मैदान में योगाभ्यास करेंगे उधर प्रदेश में भी योग दिवस को लेकर तैयारियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है मुख्य आयोजन कल लखनऊ के राजभवन में होगा जिसमें राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य मंत्री और गण्यमान्य लोग हिस्सा लेंगे हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि प्रदेश भर में योग पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो पंद्रह जून से शुरू हुआ था और इस महीने की तीस तारीख तक चलेगा राज्य सरकार पहले ही योग पर आधारित एक ऐप जारी कर चुकी है जिसका नाम है योग प्रदेश उत्तर प्रदेश और इससे सरकार की और से योग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की पूरी जानकारी मिलेगी वाराणसी में गंगा किनारे के घाटों के साथ ही सारनाथ में विशेष इंतजाम किए गए हैं जहां इक्कीस जून को बड़ी संख्या में लोग योगाभ्यास करेंगे सुशील चंद्र तियारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में लखनऊ के निकट नगराम में उन्तीस लोगों को ले जा रहे एक वाहन के इन्दिरा नहर में गिर जाने से तीन बच्चों की मौत हो गयी जबकि चार बच्चे लापता हो गए हैं आज तड़के हुई इस दुर्घटना में बाईस लोगों को बचा लिया गया तलाशी के दौरान तीन बच्चों के शव बरामद हुये और दो लड़कियों सहित चार बच्चों की तलाश जारी है हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि गोताखोरों को खोज अभियान में लगाया गया है